कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चार जनवरी को हुई बैठक में कहा था कि सरकार चाहती है कि किसान यूनियन तीन कृषि कानूनों पर बिन्दुवार चर्चा करें लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया क्योंकि किसान संगठन इन तीनों कानूनों को रद्द करने पर अडे रहे कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसान नेताओं को बार बार आश्वासन दिया है कि वह उनके मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों पक्षों को सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए सकारात्मक बातचीत के लिए आगे आने की जरूरत है श्री तोमर ने दोहराया था कि न्यूनत समर्थन मूल्य एमएसपी और मंडी प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी

इसका उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण प्रक्रिया को सुगम बनाना है लाभार्थियों के पंजीकरण और माइक्रोप्लानिंग सहित टीकाकरण अभियान की पूरी योजना का परीक्षण जिलाधिकारी की निगरानी में होगा

वहीं दूसरी ओर डॉक्टर हर्षवर्धन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे और व्यक्तिगत रूप से तैयारियों की समीक्षा करने के साथ ही निर्धारित स्थलों पर टीकाकरण के पूर्वाभ्यास संचालन भी देखेंगे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रधान सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पूर्वाभ्यास की तैयारियों की समीक्षा की स्वास्थ्य मंत्री ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को विन ऐप का भी उल्लेख किया

उन्होंने सोशल मीडिया पर टीके के दुष्प्रभावों के बारे में चल रही अफवाहों को आधारहीन बताया

पहले इन स्टोर में स्वीकृत वैक्सीन का भंडारण होगा यहां से वैक्सीन को संभाग संभाग से जिलों और जिलों से पीएचसी में बनाए गए कोल्ड चैन स्टोर में भेजा जायगा यहां से वैक्सीन सीधे टीकाकरण केंद्र पर पहुँचाई जाएगी स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पहले चरण में सभी हेल्थ वर्कर का टीकाकरण होगा

राज्य स्तर पर बनाये गये कंट्रोल रूम से पूरे प्रदेश में होने वाले टीकाकरण अभियान पर लगातार नजर रखी जायेगी सभी जिलों से हमारे संवाददाताओं ने कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों के बारे में समाचार दिये

वे कल साँची में बृद्ध जम्बूद्वीप पार्क तथा पर्यटक सुविधा केन्द्र के लोकार्पण के मौके पर बोल रही थीं सुश्री ठाकर ने कहा कि बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क और पर्यटक सुविधा केन्द्र के निर्माण से पर्यटकों को उच्च स्तरीय सुविधाएँ मिलेंगी सुविधा केन्द्र बन जाने से साँची और भी अधिक लोकप्रिय बनेगा उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित समाज के निर्माण के लिये संस्कृति पर्यटन एवं आध्यात्म विभाग सतत रूप से काम कर रहा है सुश्री ठाकुर ने कहा कि मूल्यों पर आधारित समाज और राष्ट्रवाद की संकल्पना को धरातल पर उतारने में पर्यटन संस्कृति और आध्यात्म विभाग की भूमिका अहम् है पर्यटन मंत्री सुश्री ठाकुर ने कहा कि हम सिटी म्यूजियम के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को सच्चा इतिहास बताना चाहते हैं

मंत्री सुश्री ठाकुर ने प्रदेश में अध्यात्म पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा इसके लिये महू की जानापाव पहाड़ी को चुना गया है निशंक जेईई एडवांस्ड केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस वर्ष आईआईटी में प्रवेश परीक्षा तारीख और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश पात्रता में छूट देने की घोषणा की है

इस वर्ष यह परीक्षा आईआईटी खड़गपुर आयोजित करेगा

प्रतिस्पर्दधा खंड के लिए विश्व की श्रेष्ठ फिक्शन फिल्मों का चयन किया गया है इनमें तीआगो ग्रुदेस की द डोमेन एंडर्स रिफ्न की द डार्कनैस और केमन कलेव की फेब्रुअरी जैसी बहुचर्चित फिल्में शामिल हैं

खंडवा में इसके लिए किसानों से आवेदन करने को कहा गया है

जिसके बाद इन स्थानों पर नगर निगम द्वारा स्ट्रीट लाईट लगाई जायेगी